प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी ने आतंकवाद से मुकाबला करने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का आहवान किया है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मानवतावादी सभी शक्तियों को निहित स्वार्थ छोड़कर आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए बाइट भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है

हमें एससीओ देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी विशष बल दिया कि आतंकवाद को आर्थिक और अन्य सहयोग देने वाले देशों को आतंकी गतिविधियों का जिम्मेदार और जवाबदेह माना जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को एक दूसरे से मिलने के साथ ही सदस्य देशों का आपस में सम्पर्क रखना भी महत्वपूर्ण है बाइट फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपुल टू पीपुल संपर्क का महत्व कम नहीं है हमारी ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश एससीओ देशों के लिए उपलब्ध हैं मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ ही एससीओ देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेज और रूसी भाषा में ट्वेंटी फोर बाई सेवन पर्यटक हेल्प लाइन प्रारंभ होगी श्री मोदी ने स्वास्थ्य देखभाल टेली मेडिसन क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता शंघाई सहयोग संगठन के अन्य देशों के साथ साझा करने पर जोर दिया इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की और इनमें संधार का उल्लेख किया रेलवे के आध्निकीकरण में रुचि दिखाते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि नागपुर सिकंदराबाद लाइन के आधूनिकीकरण का अध्ययन किया जाएगा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पुतिन को मेक इन इंडिया पहल के तहत अमेठी में रक्षा निर्माण परियोजना के सफल क्रियान्वयन पर धन्यवाद ज्ञापित किया बाइट अमेठी में राइफल बनाने के प्रोजेक्ट को उसकी स्थापना के लिये आपका जो समर्थन मिला और मैं मानता हूं कि एक प्रकार से आपने खुद ने उसको अपने जिम्मे लिया और उसको जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है इसके लिये मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं और हम तय करें तो समय सीमा में कितना बड़ा काम कर सकते हैं यह उदाहरण आपने प्रस्तुत किया इसके लिये मैं आभारी हूं और उसके मूल में हमारे दोनों के प्रति विश्वास और दोस्ती का माहौल बनायें तो उसका तो रोल है ही है दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी पहली बार बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए हैं शंघाई सहयोग संगठन चीन के नेतृत्व में आठ देशों का आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में सड़क निर्माण के लिए नवीन तकनीकी के उपयोग से न सिफ लागत में कमी आयी है बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बरकरार रहा है श्री मौर्य ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में कहा कि नवीन तकनीकी के इस्तेमाल के मामले में प्रदेश का लोक निर्माण विभाग देश में सबसे आगे है

कार्बन उत्सर्जन के कारण से जो क्लाइमेट पूरी तरह से दुनियां की चिंता का विषय बना हुआ है हमने इतनी बचत की नवीन तकनीकी के माध्यम से अगर हम गाजियाबाद से और गाजीपुर तक चार लेन की सड़क बनाये तो इतना इग्रीगेट बचा लेने का काम किया और लागत भी घटी हमने पर्यावरण का संतुलन बना करके रखा और हमने हर उस सड़क को जो पहले सड़के बनती थीं उन सड़कों को अगर आप चेक कर पायेंगे तो पहले की सड़क दो साल भी टिक नहीं सकती थी लेकिन आज जो हम लोग सड़के बना रहे हैं वह पांच से सात साल और आठ तक टस से मस नहीं होने वाली विभाग लगातार नवीन तकनीकी का इस्तेमाल तो कर ही रहा है लेकिन आज यह कहते हुए बहुत गर्व है कि देश के अन्दर हमारा लो लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश है वह सबसे आगे है तकनीकी के मामले में भी साफ़्टवेयर के माध्यम से हम तामम सुवधायें देने का काम करते हैं उसके माध्यम से भी ई गवर्मेंट्स के माध्यम से भी चाहे वह ई बिलिंग का मामला हो चाहे ई पेमेंट का मामला हो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवन ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस महात्वाकांक्षी परियोजना के पूरा हो जाने पर इसरो अधिक संख्या में मानव यात्री अंतरिक्ष में भेज सकगा उन्होंने कहा कि भारत अन्तराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं जुड़ेगा

श्री सिंह ने बताया कि इस काम के लिए सरकार ने दस हजार करोड़ रूपये मंजूर किये हैं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

आज विश्व रक्तदान दिवस है इस दिन का उद्देश्य सभी सरकारों राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों और रक्त सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों को रक्त संग्रहण के लिये बेहतर प्रणाली उपलब्ध कराने के लिये जागरूक करना है इस अवसर पर प्रदश के विभिन्न ज़िलों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया जौनपूर में जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में आम नागरिकों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया मऊ में वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान जीवनदान है और रक्तदान से लोगों की जिंदगी का बचाया जा सकता है बलरामपुर और अमरोहा में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किये गये जिसमें बडी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया इन शिविरों में व्यापारिक सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया बरेली ज़िले में हुई मार्ग दुर्घटना में एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गयी और छह लोग घायल हो गये हैं यह हादसा आज ज़िले के अलीगंज इलाक में एक टैम्पो और पिकअप में जोरदार टक्कर होने के कारण हुआ पुलिस अधीक्षक ग्रामोण ने बताया कि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां दो की हालत गंभीर बतायी जा रही है उन्होंने बताया कि गाड़ी को पकड़ लिया गया है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत आज भारतीय पुलिस सेवा के छह वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार को इसी पद पर कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं के पद पर स्थानांतरित किया गया है जबकि उनकी जगह अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीवी रामाशास्त्री की तैनाती को गयी है एडीजी सतर्कता ब्रजभूषण को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन बनाया गया है जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर पुलिस महानिदेशक दीपेश जुनेजा को एडीजी सुरक्षा का दायित्व दिया गया है एडीजो सुरक्षा विजय कुमार को पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ज़िम्मेदारी दी गयी है कारागार प्रशासन के अपर महानिदशक चन्द्र प्रकाश को एडीजी नियम और ग्रन्थ के पद पर स्थानांतरित किया गया है